पहले चरण के मतदान में सिर्फ तीन दिन बाकी वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा एनडीए सरकार ने देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर दिया है विशेष ध्यान कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर दो हजार चौदह के आम चुनाव के वायदों से मुकरने का लगाया आरोप सपा बसपा और रालोद गठबन्धन ने सहारनपुर के देवबंद में कल से संयुक्त चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत की निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मतदान के दिन और एक दिन पहले बिना आयोग की अनुमति के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर लगायी पाबन्दी

इस चरण का प्रचार कल मंगलवार को समाप्त हो जायेगा इस चरण में बीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इक्यानवे सीटों के लिए मतदान होगा मतदान ग्यारह अप्रैल को होगा प्रदेश में पहले चरण में जिन आठ सीटों के लिए मतदान होगा उनमें सहारनपुर कैराना मुजफ़फ़रनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्दनगर शामिल हैं इस बीच राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं त्रिप्रा के गोमती जिले में उदयपुर में कल एक रैली को संबेधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां उन्हें सत्ता से हटाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती हैं

फिर चाहे उन्हें वैसी बात क्यों न करनी पडे जैसी पाकिस्तान बोल रहा है ये ऐसी महा मिलावटी हैं जो त्रिपूरा और केरल में दिखाने के लिए अलग अलग हैं लेकिन दिल्ली में चौकीदार को गाली देने के लिए ये सारे एक द्रसरे के हाथ पकड़कर के खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सहित कुछ दल मध्यम वर्ग पर और अधिक टैक्स लगाना चाहते हैं श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास तेज करने में अपना ध्यान केन्द्रित किया है मणिपुर में इम्फाल में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए भारत की बजाय पाकिस्तान का गुणगान कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मणिपुर के एक लाख से ज्यादा युवाओं को ऋण दिया गया है इनमें सत्तर हजार महिलायें भी शामिल हैं इससे पहले पश्चिम बंगाल में कूचबिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममंता बनर्जी ने कई केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों में रोड़े अटका दिये हैं दूसरी ओर कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर काम नहीं करने और अपने वायदों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि भाजपा ने दो हजार चौदह के आम चुनावों में किए गए वायदों को पूरा नहीं किया यह स्पष्ट है कि देश में गरीब युवा किसान और महिलाएं न्याय की गुहार लगाते रहते हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता एक डर और निराशा का माहौल बनाया गया है इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार न्याय पर केन्द्रित है और ये सबके लिए है

वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड़डा ने लखनऊ में विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लिया

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेक्टेश्वर लू ने कहा है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिव्यांग मतदाताओं को ब्रेल लिपि में मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित कराने के साथ साथ मतदान केन्द्रों पर उनके लिए रैम्प की व्यवस्था कराने के निर्देश दे दिये गये हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केन्द्रीय चुनाव आयोग के साथ वीडियो कान्द्रेंसिंग में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर तथा मतदाता सहयोगी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की दस सीटों पर एक सौ बत्तीस उम्मीदवार चुनाव मैंदान में है इस चरण में दाखिल किये गये दो सौ सात नामांकन पत्रों में से पछत्तर नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया था तीसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख आज है इस चरण में मुरादाबाद रामपुर सम्मल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूं आंवला बरेली पीलीमीत जिले में तेईस अप्रैल को मतदान होगा लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिये प्रदेश की तेरह संसदीय सीटों पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है चौथे चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि कल यानी नौ अप्रैल है दस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और बारह अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में उन्नीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे समाजवादी पार्टी बहजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबन्धन के नेताओं ने कल एक ज्टता का प्रदर्शन करते हए सहारनपुर के देवबंद से अपना संयुक्त प्रचार अभियान शुरू किया देवबंद में गठबन्धन की पहली रैली को सम्बोधित करते हुए मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की किसी भी कोशिश को जनता नकार देगी मायावती ने कहा कि प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गरीबों के प्रति प्रेम सिर्फ एक नाटक है मायावती ने कहा कि इस बार भाजपा की कोई जुमलेबाजी काम नहीं आयेगी और वह इस चुनाव के बाद सत्ता से बाहर होगी मायावती ने कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया और कहा कि हम कांग्रेस की तरह लोगों से झुठा वायदा नहीं करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अन्तर नहीं है श्री अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा कि एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन देश की भावी दिशा तय करेगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है ये महागठबंधन तो देश में बदलाव लाने के लिए है लेकिन कांग्रेस पार्टी बदलाव नहीं लाना चाहती

तो आपको सोचना होगा कि कौन से लोग हैं जो देश को बनाना चाहते हैं त्याग करके और सब कुछ छोड़कर के अगर कोई काम कर रहा है तो यह गठबंधन मिलकर के काम कर रहा है रैली में आर एल डी प्रमुख अजित सिंह और जयंती चौधरी भी उपस्थित थे आरएलडी प्रमुख श्री सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हए कहा कि भाजपा अपने वायदे पूरे करने में नाकाम रही है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अपने चार और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने झांसी से अनुराग शर्मा को टिकट दिया है फूलपुर लोकसभा सीट से केशरी देवी पटेल पार्टी की उम्मीदवार होगी

वहीं लालगंज लोकसभा स्रक्षित सीट से मैजूदा सांसद नीलम सोनकर को पार्टी ने फिर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है प्रदेश में निघासन विधान सभा सीट के उपचुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया हैं पार्टी ने भाजपा विधायक रहे स्वर्गीय राम कुमार वर्मा के पृत्र शशांक वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अन्य संगठनों पर चुनाव के सभी चरणों में मतदान के दिन और एक दिन पहले बिना आयोग की अनुमति के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने पर पाबंदी लगा दी है मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकता आयोग ने कहा कि मतदान से ठीक पहले इस तरह के विज्ञापन समूची चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर चल रहे नवरात्र मेले जोरों पर है आज मॉ भगवती के तीसरे स्वरूप माता चन्द्रघण्टा की उपासना की जा रही है मिर्जाप्र जिले के विन्ध्याचल स्थित प्रसिद्व शक्तिपीठ माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर लगने वाला चैत्र नवरात्र मेला जोरो पर है वहां भारी संख्या में श्रद्वालु माता के दर्शन पूजन और त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं विध्याचल के नवरात्र मेले की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गये हैं बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भारी संख्या में लोग दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं सीतापुर जिले नैमिषारण्य में मॉ ललिता देवी के दर्शन के लिए श्रद्दॉलु ब्रम्हमुहूर्त से कतारबद्ध हैं सहारनपुर जिले के मॉ शाकुमरी देवी मंदिर और वाराणसी के दुर्गाकुण्ड में मॉ के दरवार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है